विस चुनाव बैनर पोस्टर विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारियों ने राजनीतिक बैनर पोस्टर व्यक्तियों से संबंधित प्रचार प्रसार सामग्री आदि को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं इसके लिए जनपद पंचायत के सीईओ और नगरीय निकायों के नगर पालिका अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है वहीं सभी एसडीएम को इस कार्य की निगरानी करने के लिए कहा गया है शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थानों से संपत्ति विरूपण की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं निर्वाचन आयकर विभाग आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग और आयकर विभाग ने राजधानी रायपुर में सुचना केंद्र का शुभारंभ किया है यह सुचना केंद्र चौबीसों घंटे खुला रहेगा और यहां कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है इसके लिए टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य दो तीन तीन सात शून्य एक शून्य और शून्य सात सात एक दो चार तीन छह दो तीन तीन जारी किया गया है मिली जानकारी के मुताबिक विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रचार के दौरान समारोह बैनर पोस्टर के साथ अन्य कार्यों पर किए जाने वाले खर्च और संपत्ति के आदान प्रदान पर आयकर अधिनियम के तहत नजर रखा जाएगा आयकर विभाग ने इस बार आम जनता को भी इसमें जोड़ने का प्रयास किया है

प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टरों द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में शत प्रतिशत मतदान कराने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है आज रायपुर में एक पत्रकारवार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर बसवराजू एस ने बताया कि रायपुर जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है उन्होंने बताया कि चुनाव संबंधी कोई भी शिकायत आएगी तो उसका जल्द ही निपटारा किया जाएगा श्री बसवराजू ने बताया कि जिले के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पिंक बूथ स्थापित किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ पोस्टल बैलेट सेवा मतदाताओं को जारी किए जाएंगे उन्होंने बताया कि सिविजिल सुविधा समाधान मोबाइल ऐप निर्वाचन प्रक्रिया अधिसूचना जारी करने के दिनांक से क्रियाशील हो जाएंगे निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रायपुर जिले में सोलह लाख चवालीस हजार से अधिक मतदाता हैं जिनके लिए एक हजार आठ सौ सैंतालीस मतदान केंद्र बनाए जाएंगे इनमें सात सौ चौहत्तर ग्रामीण और एक हजार तिहत्तर शहरी क्षेत्र में हैं इन मतदान केंद्रों में एक सौ उनहत्तर संवेदनशील और तीन अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र हैं उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र लिए जाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं

जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण शासकीय खर्च में लगाए गए सभी होर्डिंग्स और प्रचार सामग्री लगभग अस्सी प्रतिशत तक हटा ली गई है बाकी सामग्रियों को हटाने का काम जारी है उन्होंने बताया कि शासकीय खर्च पर कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे यदि कोई मंत्री निर्वाचन के कार्य से भ्रमण करते हैं तो शासकीय कर्मचारी तथा अधिकारी उनके साथ नहीं जाएंगे एक सवाल के जवाब में श्री बसवराजू ने बताया कि शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबहार में आईआई एम की पुरानी बिल्डिंग को स्ट्रांग रूम बनाया गया है इसी जगह पर ईव्हीएम रखे जाएंगे और मतगणना की जाएगी चुनाव वोटिंग मशीन विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट का इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की संचालन प्रक्रिया से आम लोग रूबरू हो सके इसके लिए जिला पंचायत परिसर रायपुर में ईव्हीएम और वीवीपैट स्थायी प्रदर्शन केंद्र बनाया गया है कलेक्टर डॉक्टर बसवराजू एस ने आज इस स्थायी प्रदर्शन केंद्र का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने बताया कि ईव्हीएम में वोटिंग करने के बाद सात सेकेंड तक वीवीपैट मशीन में अपने डाले गए मत को देखा जा सकता है सुरेश रैना बीजापुर भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर सुरेश रैना ने आज बीजापुर में डे नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का शुभारंभ किया

इस मौके पर श्री रैना ने स्थानीय खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेला और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीत चुके चवालीस खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया इसके अलावा श्री रैना ने भोपालपटनम में होने वाले वॉलीबाल स्पर्धा का भी शुभारंभ किया राजनीतिक सरगर्मी प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं भाजपा कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां प्रत्याशी चयन और चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी का अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ आने का कार्यक्रम है इस दौरान श्री गांधी डोंगरगढ़ जाएंगे और मां बम्लेश्वरी की पूजा अर्चना करने के बाद राजनांदगांव में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे वहीं आज शाम कांग्रेस घोषणा समिति की प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में बैठक हो रही है इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता शिरकत कर रहे हैं उधर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के अध्यक्ष अजीत जोगी ने आज एक पत्रकारवार्ता में सरकार पर विकास कार्यों के लोकार्पण और अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर निशाना साधा और कहा कि यह सब चुनाव में फायदा लेने की नीयत से किया गया है इस मौके पर एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अंबिकापुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सर्वे पर रोक लगनी चाहिए उन्होंने कहा कि इससे मतदाताओं का मन प्रभावित होता है

पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि जिला पुलिस बल की टीम सर्चिंग के लिए निकली थी इस दौरान चिंतागुफा इलाके से इन माओवादियों को पकड़ा गया गिरफ्तार माओवादियों के खिलाफ जवानों पर फायरिंग विस्फोट और स्पाईक लगाने जैसी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है उधर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए सात किलो वजनी आईईडी बरामद किया है मिली जानकारी के मुताबिक जिला पुलिस बल और बीडीएस की संयुक्त टीम ने सर्चिंग के दौरान जिला मुख्यालय से तीन किलोमीटर दूर गंगालूर मार्ग पर गोरना चौक के पास इस विस्फोटक को बरामद किया बाद में निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया इसे बम दुर्घटना कोरबा जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने चक्काजाम कर यातायात बाधित करने का प्रयास किया पुलिस प्रशासन की समझाईश के बाद चक्काजाम समाप्त किया गया मिली जानकारी के मुताबिक कोरबा से अस्सी किलोमीटर दूर पसान थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी इस हादसे में कार में सवार दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई वहीं गंभीर रूप से घायल एक अन्य युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है घटना के बाद मौके पर पहंचे ग्रामीणों ने सड़क पर चक्काजाम कर दिया पुलिस प्रशासन के पहुंचने और ग्रामीणों को समझाईश देने के बाद मृत दोनों युवकों के शवों को उनके गृहग्राम भेजा गया हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया उधर जांजगीर चांपा जिले के ग्राम केकराभाठा में आज एक चारपहिया वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक महिला की मौत हो गई वहीं चार अन्य महिला घायल हो गई हैं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है वाहन में बाईस लोग सवार थे संक्षिप्त समाचार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के विभिन्न जिला कांग्रेस कमेटी के तहत नवगठित और रिक्त नगर तथा ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर राजभवन में दो अक्टूबर से शुरू छायाचित्र प्रदर्शनी का कल समापन हुआ इस छायाचित्र प्रदर्शनी का लगभग चार हजार विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने अवलोकन किया राजधानी रायपुर से लगे बीरगांव में आज दो पक्षों के बीच पथराव और हंगामा हुआ

नगर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है